प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तीन बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत देष के अन्य मुख्यमंत्रियों से कोरोना से उत्पन्न स्थितियों को लेकर बातचीत करेंगे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की गति पर राज्य सरकार नजर रख रही है राज्य में नयी छूट पर फैसला प्रधानमंत्री से चर्चा के बाद ही किया जायेगा कोरोना को लेकर सभी राज्यों में लगातार मंथन हो रहा है

एक सौ चौंतीस मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही राज्य में एक हजार चौवालीस कोरोना के मरीज अबतक ठीक हो चुके हैं राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होनेवाले मरीजों का प्रतिषत बढ़कर संतावन दषमलव सात सात फीसदी हो गया है वर्तमान में कारोना के सात सौ चौवन सक्रिय मरीज हैं जिनका इलाज राज्य के विभिन्न अस्पतालों में किया जा रहा है वहीं अबतक नौ लोगों की मौत हो चुकी है

इस दौरान जिले के उपायुक्त अरवा राजकमल पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महाथा समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजुद रहे

इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा नौ हजार नौ सौ पर पहुंच गया है मृतकों की दर दो दशमलव आठ आठ प्रतिशत हो गई है

उन्होंने कहा कि परिणाम बताते हैं कि लातेहार में शन्य संचरण पाकड़ में एक दशमलव दो पांच प्रतिशत और सिमडेगा में एक प्रतिशत है जो वायरस के सामुदायिक प्रसार को स्थापित करने के लिए नगण्य है

इस किट से प्रयोगशाला में परीक्षण के बिना ही तेजी से जांच की जा सकेगी

इसे दक्षिण कोरिया की कंपनी ने तैयार किया है

किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने पर आरटी पीसीआर टेस्ट से पुनः पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होती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

श्रोता स्ट्डियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पृछ सकते हैं

पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों के मद्देनजर सुरक्षाबलों का संयुक्त अभियान और तेज कर दिया गया है नक्सलियों की धरपकड के लिए उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी अभियान जारी है पिछले दिनों कई घटनाएं घटी थीं और सुरक्षाबलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बिछाई गई बारूदी सुरंग की बरामदगी भी हुई थी जिसको लेकर सुरक्षाबलों ने अपनी रणनीति बदल दी है जिले के एसपी इंद्रजीत महाथा ने कहा है कि जिले में पुलिस का अभियान जनता की सुरक्षा के लिए चलाया जा रहा है

राज्यसभा चुनाव को लेकर कल रांची में भाजपा विधायक दल की बैठक बुलायी गयी है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम प्रकाष माथुर और राष्ट्रीय महामंत्री अरूण सिंह कल रांची आयेंगे और सभी विधायकों से मिलकर चुनाव को लेकर रणनीति बनायेंगे प्रदेष अध्यक्ष दीपक प्रकाष विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी प्रदेष संगठन के महामंत्री धर्मपाल सिंह सहित सभी विधायक इस बैठक में शामिल होंगे केंद्रीय अनवेषण ब्यूरो सीबीआई ने ऑनलाइन अग्रिम भुगतान घोटालों और नकली सैनिटाइजर बनाने में मेथनॉल के उपयोग के बारे में इंटरपोल से मिली सूचना के आधार पर सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों की पुलिस को अलर्ट जारी किया है

सरकार ने अप्रैल मई और जून माह की राशि सभी जनधन लाभुकों को दे दी है हमारे संवाददाता ने कुछ लाभुकों से बातचीत की

मामले की अगली सुनवाई अंगामी नौ जुलाई को होगी राज्यभर में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया है कल राज्य के कई जिलों में भारी से मध्यम दर्जे की बारिष हुई

वहीं खूंटी लोहरदगा सिमडेगा पलामू रामगढ़ और गुमला में भी अच्छी बारिष हुई

उधर कोडरमा जिले के मरकच्चो प्रखंड की महगांए पंचायत के गैरागी गांव में वज्रपात से एक युवक की भी मौत हो गई है वहीं लातेहार जिले के महआडांड प्रखंड में कल तेज बारिष से रामपुर नदी का एप्रोच पुल बह गया है